प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा ह कि भारत को पचास खरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने के लिए काम करने की आवश्यकता है उन्होंने कहा कि दुनिया उस क्षण का इंतजार कर रही है जब भारत अर्थव्यवस्था को दोगुना करके पचास खरब डॉलर वाली अर्थव्यवस्थाओं में शामिल हो जाएगा प्रधानमंत्री ने आज राजधानी दिल्ली में इंडिया गेट के पास वाणिज्य विभाग के नए कार्यालय परिसर वाणिज्य भवन का शिलान्यास करने के बाद ये विचार व्यक्त किये सात प्रतिशत आठ प्रतिशत की विकास दर से आगे बढ़कर हमें डबल डिजिट की विकास दर प्राप्त करने के लक्ष्य पर काम करना समय की मांग है दूनिया की नजरें आज भारत को इस दृष्टि से भी देख रही हैं कि भारत कितने वर्षों में फाइव ट्रिलियन डॉलर के क्लब में शामिल होता है उन्होंने कहा कि भारत ने सात दशमलव सात प्रतिशत की विकास दर हासिल कर ली है जिससे विकास की गति में तेजी आयी है

प्रधानमंत्री ने कहा कि देश काम में देरी करने की संस्कृति से बाहर निकल आया है और प्रौद्योगिकी ने कारोबार करने के तरीकों को आसान बना दिया है इस अवसर पर वाणिज्य मंत्री सुरेश प्रभु आवास तथा शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी सहित अन्य गणमान्य लोगों ने भी अपने विचार व्यक्त किये

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने उर्वरक बीज और कृषि रक्षा रसायनों की बिक्री के लिए पारदर्शी लाइसेंसिंग प्रणाली का शुभारम्भ किया और फार्म मशीनरी बैंक के लाभार्थियों को चयन पत्रों का वितरण किया उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि किसान का जागरूक होना प्रदेश और देश की ख्शहाली के आवश्यक है

उन्होंने किसानों को तकनीक के साथ जोड़ने पर जोर दिया संभावनाओं वाला प्रदेश है अनेक संभावनाएं छिपी हुई है यहां पर

हमारे पास पर्याप्त जल संसाधन है हमारे पास अच्छे और मेहनती किसान है

इन किसानों के जीवन में ख्रशहाली न लाया जा सके इसमें कोई संदेह हो ही नहीं सकता

अगर वे किसान कार्य कर सकते है खेती को घाटे का नहीं बल्कि लाभकारी बना सकते है उन्नति कर सकते है और मुझे लगता है कि जो किसान पाठशाला द्वितीय संस्कारण का शुभारम्भ आज हो रहा है इसको उसी दिशा में मोड़ने की आवश्यकता है प्रदेश के कई जिलों में आज किसान पाठशालाओं का आयोजन हुआ हमीरपुर से हमारे प्रतिनिधि की एक रिपोर्ट जनपद हमीरपुर में किसान पाठशाला का आयोजन शुरू कर किसानों को नई तकनीक से उन्नतशील खेती करने के गुर सिखाये गये और केंद्र व प्रदेश सरकार की संचालित योजनाओं की विस्तार से जानकारी देकर योजनाओं का लाभ उठाने के लिये प्रेरित किया गया कृषि तकनीकी सहायक चन्द्रभान ने बताया कि किसानों से बागवानी पशुपालन ब्यवसाय को करने खेतों में ताराबाड़ी कराने ट्यूबवेल लगवाने के विषय जानकारी दी गयी साथ हो नई तकनीक से जैविक खेती करने प्रमाणित बीजों का प्रयोग करने कम पानी वाली फसलों के चयन उर्वरकों के प्रयोग की विधि बतायी गयी है शिव कुमार सेठी आकाशवाणी समाचार हमीरपुर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

राजधानी लखनऊ सहित उत्तर प्रदेश के अधिकांश जिलों में उमस भरी गर्मी से जनजीवन प्रभावित हो रहा है मौसम विभाग के अनुसार गर्मी से राहत मिलने के फिलहाल अभी कोई आसार नहीं है

उमस भरी गर्मी के चलते अस्पतालों में डायरिया गैस्ट्रोएंटराइटिस और बुखार के मरीजों की संख्या बढ़ गई है वहीं बिजली की मांग बढ़ने से अघोषित बिजली कटौती से लोग परेशान है पेयजल संकट भी गहराता जा रहा है वाराणसी में आज लोगों ने पेयजल आपूर्ति के बाधित होने को लेकर प्रदर्शन किया प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी परसों परिवार को आकाशवाणी स मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश में लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि सरकार प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए हर संभव कदम उठायेगी

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल लखनऊ में दो दिनों तक चलने वाले आम महोत्सव का उद्घाटन करेंगे

इस वर्ष आम की खेती करने वाले किसानों की आम के कारोबार से आमदनी बढ़ी है हरदोई से हमारे प्रतिनिधि की एक रिपोर्ट इस बार आम की फसल अच्छी होने और ई मार्केटिंग की सुविधा से उचित मूल्य मिलने से किसानों क चेहरे पर मुस्कान दिखाई दे रही है मानसून पूर्व वर्षा हो जाने से आम का आकार मिठास और चमक बढ़ी है यहाँ संडीला और शाहाबाद आम की बड़ी मंडियों में इस समय दशहरीलगड़ा तोता परी एलफेंजो गुलाबखास और खासुलखस आम की बहार है यहां का आम महाराष्ट्र राजस्थान हरियाणा दिल्ली और बंगाल जा रहा है

आम से अमरस खटाई और आम का जूस बनाने का घरेलू उधोग भी पनप रहा है और किसानों की आमदनी दुगनी करने का सपना भी पूरा हो रहा है अभय शंकर गौड़ आकाशवाणी समाचार हरदोई

पुलिस ने बताया कि कार सवार सभी मृतक फैजाबाद के रहने वाले थे उधर शाहजहांपूर के आरसी मिशन थाना क्षेत्र में एक मिनी ट्रक की चपेट में आने से तीन लोगों की मौत हो गई जबकि छह से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल हो गये जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है